मुख्यमंत्री ने कल शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा जिले के इंदौरा भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश में कोई भी बिना भोजन के न रहे और जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए जाएं जय राम ठाकुर ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के लोगों के वापिस आने के कारण राज्य में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बिलासपुर चिंतपूर्णी बंजार भरमौर पच्छाद हमीरपुर कुटलैहड़ भाजपा मंडलों की वर्चुअल रैलियों को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रैसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे

आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है आयुष मंत्री ने लोगों से अंतरराष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने इस प्रतियोगिता की घोषणा की थी

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

कुल्लू जिला के आनी के एसडीएम चेतसिंह ने नित्थर क्वांरटीन सेंटर का दौरा कर केंद्र का जायजा लिया उन्होंने नित्थर के नायब तहसीलदार गौरीदत्त शर्मा व पुलिस विभाग के साथ भी बैठक की और अधिकारियों को सख्ती से क्वारंटीन नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए उन्होंने नित्थर बाजार में ट्रेफिक व्यवस्था की रिपोर्ट भेजने के पुलिस विभाग को निर्देश भी दिए आज विश्व रक्तदान दिवस है इस वर्ष की थीम है सुरक्षित रक्त बचाए जीवन

विश्वभर में खून की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है

अमर उजाला का शीर्षक है हर तरफ से हारे धवाला का यू टर्न खेद जताते बोले भावुक होकर दिया था बयान हिमाचल दस्तक के शब्द हैं खेद जताकर कार्रवाही से बचे धवाला

हिमाचल दस्तक के अनुसार उदघाटन शिलान्यास अब ऑनलाईन करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा हालात ऐसे ही रहे तो तरीके बदलने होंगे